मुख्यमंत्री आज एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन घरों में ही किया जाये सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं दी जायेगी

उन्होंने सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्र को स्थापना के लिये कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये

उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं तथा स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिये हर घर जल योजना के कार्यो में और तेजी लाई जाये प्रदेश में शारदा घाघरा सरयू सहित कई प्रमुख नदिया का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है राज्य के सोलह जनपदों के आठ सौ अड़तीस गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित है

बाढ़ प्रभावित जनपदों हैं अंबेडकर नगर अयोध्या आजमगढ़ बहराइच बलिया बाराबंकी बस्ती बदायूं देवरिया गोंडा गोरखपुर लखीमपुर खीरी कुशीनगर मऊ संतकबीरनगर और सीतापुर शारदा घाघरा और सरयू सहित कई नदियां लखीमपुर बाराबंकी अयोध्या और बलिया जनपदों में विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के मऊ जनपद में घाघरा नदी खतरे के निशान से सत्तासी सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों की मुश्किले बढ़ गई है जिला प्रशासन द्वारा राहत शिविर लगाकर लोगों को आवश्यक सेवाएं पहुंचाई जा रही है पीलीभीत में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि राज्य में सभी तटबंध सुरक्षित है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत प्रदान करने पशुओं के चारे की उचित व्यवस्था तथा पश् टीकाकरण कार्यक्रम को समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिये हैं बाढ़ की आपदा से निपटने के लिये जनपद एवं राज्य स्तर पर आपदा नियंत्रण केन्द्र की स्थापना की गई है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

प्रादेशिक समाचारों के इस ब्रलेटिन में आपका फिर से स्वागत है

एक दिन में स्वस्थ हाने वालों की यह सबसे बडी संख्या है

राज्य में अब तक एक लाख नौ हजार छह सौ सात मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं उन्होंने बताया कि ई संजीवनी पोर्टल के द्वारा लोग डॉक्टरों से सलाह लेकर लाभान्वित हो रहे हैं

देवरिया में पशुधन मत्स्य एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री जय प्रकाश निषाद ने टीकाकरण वैन को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया इस अवसर पर श्री निषाद ने कहा कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव के लिये टीका लगाया जा रहा है

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर शत प्रतिशत टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित कराएं

खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है इससे पशु कमजोर हो जाते हैं और उनकी जान भी चली जाती है जिससे हमारे पशुधन को काफी नुकसान होता है उत्तर प्रदेश कायाकल्प अवार्ड के तहत मुजफ्फरनगर के जिला महिला अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है वहीं जिला पुरूष अस्पताल अट्ठारहवें स्थान पर आया है जिला महिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमृत रानी भांबे ने बताया कि जिला महिला अस्पताल उपलब्ध संसाधनों के बीच बेहतर कार्य कर रहा है इससे पहले इस अस्पताल को आठवीं रैंक हासिल हुई थी इसके बाद अपनी बेहतर सेवाओं से अस्पताल ने अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए इस बार पहला स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एनडीआरएफ में अंशदान करने पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि पीएम केयर्स निधि में जमा की गई राशि एन डी आर एफ से पूरी तरह भिन्न है

इस बीच भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पोएम केयर्स निधि के बारे में उच्चतम न्यायालय के आज के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की साजिशों पर जबर्दस्त आघात बताया है श्री नड्डा ने कहा कि श्री राहुल गांधी के दुष्प्रचार को पीएम केयर्स निधि में बडी तादाद में अंशदान करने वाले आम लोगों ने बार बार खारिज किया है केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स फंड में सभी दान पारदर्शी ढंग से किये जा रहे हैं